प्रदेश में कोरोना वायरस से प्रभावित लोगों की संख्या बढ़कर सोलह हई

सक्रिय मरीजों की संख्या बारह सौ इक्यावन हुई

बिहार में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर सोलह हो गई है गोपालगंज जिले से नया मामला सामने आया है आरएमआरआई पटना में की गयी जांच में एक युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव पायी गयी है गोपालगंज में द्बई से लौटे थावे थाना क्षेत्र के बेद्टोला निवासी पैंतीस वर्षीय एक यूवक के रक्त का नमूना जांच के लिए भेजा गया था गोपालगंज के सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि मामला सामने आने के बाद इस गांव के तीन किलोमीटर क्षेत्र की परिधि को सील कर आईसोलेट कर दिया गया है आरएमआरआई में आज सूबह चौवालीस मरीजों के रक्त के नमूनों की जांच की गई जांच रिपोर्ट में तैंतालीस निगेटिव जबकि एक पॉजेटिव रहा इधर राजधानी पटना के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में इलाजरत एक महिला मरीज की जांच में दो बार लगातार निगेटिव रिपोर्ट आने के बाद उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है इधर देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या एक हजार दो सौ इक्यावन हो गई है इनमें उनचास विदेशी नागरिक हैं एक सौ दो लोगों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है जबकि बत्तीस की मौत हुई है कोरोना संक्रमण से बचने के लिए चिकित्सक लोगों को घरों में रहने और लॉकडाउन का सही से पालन करने की सलाह दे रहे हैं

जो जरूरी काम है वही करना चाहिए इसके अलावा सबको अपने घरों में रहना चाहिए जो एसेंसियल सर्विसेज हैं मेडिकल सर्विसेज पुलिस सर्विसेज या फूड एंड बेवरेजेज की सर्विसेज हैं जो जरूरी हैं वो तो जरूरी काम करने के लिए निकलेंगे ही लेकिन अदरवाइज जिनको जरूरी नहीं है उनको डेफिनेटली अपने घर में रहना चाहिए क्योंकि एक बार ये स्टेज थ्री में आ गया तो हम लोगों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा सबको ये समझना है कि प्रिवेंशन करने से ही हम बच सकते हैं

लेकिन प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है जो जो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं हम लोग हेल्थ एडवाइजर्स दे रहे हैं या गवर्नमेंट की तरफ से जो जो आ रहे हैं ऐडवाइज भी वो सबका पालन करना बहत जरूरी है बहत बड़ी बड़ी बातें नहीं हैं ऐग्जैक्टली तीन या चार चीजें ही हैं जो हमें याद रखना हैं सोशल डिस्टेंसिंग घर में रहना है बहुत जरूरी हो तभी बाहर जाएं और जाएं तो पूरे प्रिकॉशन के साथ जाएं स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे कोविड उन्नीस वायरस से सुरक्षित रहने के लिए सभी ब्रनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें

लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा को सामान की खरीददारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें साथ ही लोगों को हाथ मिलाने और गले गलने से भी बचना चाहिए बाजार मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम एक मीटर की दूरी रखें घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए लोगों को अपनी आंख नाक और मुंह को छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए

यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले

इधर बिहार सरकार ने कहा है कि बाहर से आ रहे लोगों को कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर राज्य के भीतर अब प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी कोरोना वायरस संक्रमण पर गठित राज्य की उच्चस्तरीय समिति की पटना में हुई बैठक में आज यह निर्णय किया गया बैठक के बाद मुख्य सचिव दीपक कुमार ने कहा कि नेपाल बॉर्डर पर भारी संख्या में लोग फंसे हैं लेकिन अब ऐसे लोगों को हर हाल में सीमा राहत केंद्रों पर ही रहना होगा मुख्य सचिव ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय सीमा हो या राज्यों की सीमा बिहार में लॉकडाउन का पालन हर हाल में किया जायेगा

ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग खुद से कड़ाई से लॉकडाउन का पालन करवा रहे हैं बेगूसराय जिले के बरौनी इलाके के सरदारनगर मुहल्ले में लोगों ने बांस बल्ली से सड़क को घेर दिया है स्थानीय निवासी नीतीश और बबलू ने इसे एहतियाती उपाय बताया

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ऐसे ड्राइविंग लाइसेंस परमिट और रजिस्ट्रेशन जैसे कागजात की वैधता की अवधि तीस जून तक बढ़ा दी है जो पहली फरवरी को समाप्त हो चुके हैं देश भर में लागू इक्कीस दिनों के लॉकडाउन के मद्देनजर यह आदेश जारी किया गया है इस संबंध में मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सूचना दे दी है केन्द्र सरकार ने सभी केन्द्रीय कर्मचारियों को अगले आदेश तक बॉयोमीट्रिक हाजिरी लगाने से छूट दे दी है इसके पहले केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय कर्मचारियों को अपने कार्यालयों में इकतीस मार्च तक बॉयोमीट्रिक उपस्थिति लगाने से छूट दी थी सीतामढ़ी जिले में हेल्पलाईन नम्बर पर कोरोना वायरस की जानकारी देने पर एक युवक की रून्नीसैदप्र में कथित तौर पर पीट पीटकर हत्या के मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है पुलिस मामले की जांच कर रही है इधर केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस घटना की कड़ी निंदा की है वैशाली जिले में संदिग्ध कोरोना वायरस संक्रमण के मामले में अब तक तिरेपन सौ से अधिक लोगों को क्वेरेनटाइन किया गया है वहीं रोहतास जिले में खुरमाबाद में बने जांच केन्द्र पर पैंतीस लोगों की जांच की गयी है इधर मुजफ्फरपुर जिले में विभिन्न प्रदेशों से आये बारह हजार लोगों की निगरानी की जा रही है ऐसे लोगों को होम क्वेरेनटाइन में रखा गया है शेखपुरा जिले से जांच के लिए भेजे गये दो संदिग्ध नमूनों की रिपोर्ट निगेटिव आयी है अभी तक बाहर से आये सोलह सौ से अधिक लोगों की स्वास्थ्य की जांच की गयी है बक्सर जिले में लॉकडाउन की उल्लंघन करने पर सात दुकानदारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है कोरोना संक्रमण के रोकथाम और उन्मूलन के लिए विभिन्न जनप्रतिनिधियों के अलावा समाज के विभिन्न वर्गों के लोग सहायता के लिए आगे आ रहे हैं उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने राज्य में कोरोना उन्मूलन कोष में तीन करोड़ अठारह लाख रुपये देने की मंजूरी प्रदान की इधर उद्योग मंत्री श्याम रजक ने इस कोष में एक करोड़ रूपये का अशंदान किया है सारण जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र से हथियार के साथ गिरफ्तार छह अपराधियों में चार के फरार हो जाने के बाद थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया सभी अपराधी पिछले दिनों पिस्तौल और अन्य हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार किये गये थे

हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले के वारिसनगर थाना क्षेत्र के मथुरापुर गांव मे एक लीची बागान में कई कौवे मृत पाये गये है इसके बाद बर्ड फ्लू की आशंका को लेकर जांच सैंपल लेकर पटना भेजे गये हैं खगड़िया जिले के बेलदौर में अगलगी की भीषण घटना में चार पशुओं की झुलसकर मौत हो गयी जबकि लाखों मूल्य की संपत्ति जलकर राख हो गयी बक्सर जिले के वरिष्ठ पत्रकार श्रीमन नारायण पांडेय का आकस्मिक निधन हो गया वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे उनके निधन पर बक्सर प्रेस क्लब और समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों ने गहरा शोक व्यक्त किया है

प्रदेश में कोरोना वायरस से प्रभावित लोगों की संख्या बढ़कर सोलह हुई

सक्रिय मरीजों की संख्या बारह सौ इक्यावन हुई